म्ख्यमंत्री स्शासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक राकेश ग्प्ता ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी अंत्योदय सरल पोर्टल के प्रति लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी हरियाणा में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां म्कम्मल की गई रोहतक के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ग़हमंत्री अमित शाह भाग लेगें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुसार मजबूत सुरक्षित एवं खुशहाल भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है राष्ट्रपति आज संसद के दोनों के सांझे सत्र को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनता सरकार की मूलभूत स्विधायें उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों ने सरकार के पहले कार्यक्रम का मुलयांकन करके द्रसरे कार्यकाल के लिये ज्यादा समर्थन दिया है सरकार द्वारा छोटे द्कानदारों तथा ख्दरा व्यापारियों के लिये पेंशन योजना की सराहना करते हये कहा कि इसका लाभ लगभग तीन करोड़ छोटे व्यापारियों को मिलेगा श्री कोविंद ने कहा कि सरकार ग्रामीण भारत को मजबूत करने की तरफ भी ध्यान दे रही है

उन्होंने तीन तलाक व निकास हलाला की परम्परा को समाप्त करने की जरूरत पर भी बल दिया राष्ट्रपति ने विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों तक पहंचे लाभों और सरकार की उपब्धियों का भी उल्लेख भी अपने भाषण में किया

खराब मौसम के कारण मिशन प्रभावित हआ

सूत्रों ने बताया कि पार्थिव देह को पहले जोरहट ले जायेगा और आगे की कारवाई की जायेगी

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ में बताया कि म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है उन्होंने बताया कि यह भूमि जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विश्वविदयालय को मौजूदा कलैक्टर रेट पर दी जाएगी नगर निगम फरीदाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को यह भूमि हस्तांरित करने का एक प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा च्का है हरियाणा सरकार ने ग्रुग्राम शहर के सिविल लाइन क्षेत्र के मोर चौक का नाम पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री सीता राम सिंगला के नाम पर रखने का निर्णय लिया है इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है आज विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है यह दिन शरणार्थियों के संघर्ष एंव योगदान को याद करने के लिये मनाया जाता है इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस का विषय है शरणार्थियों के साथ चले विश्व शरणार्थी दिवस पर एक कदम बढ़ाये संय्क्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चाय्क्त के कार्यालय द्वारा जारी ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट के अन्सार पिछले वर्ष के अंत तक सात करोड़ आठ लाख बच्चों महिलाओं और प्रूषों का बलपूर्वक विस्थापित किया गया

वे आज चंडीगढ़ में अंतयोदय सरल केन्द्रों के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने गुरूग्राम बिजली निगम की सेवाओं की समीक्षा करते हये टिकेट जनरेट होने के बाद नागरिक के रिफंडल न किये जाने पर बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता के सी अग्रवाली और राशन कार्ड जारी न करने बाये ऑन लाइन स्टेटस पर डिलीवरी कंप्लीट होना दर्शाये जाने पर पानीपत के जिा खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अनिता खर्ब एंव ग्रूग्राम के जिला खाद्य एवं प्रर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक को भी कारण बतायों नोटिस जारीकिया उन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति को आय एवं संपति प्रमाण पत्र जारी की स्थिति स्पष्ट न करने पर जींद के तहसीलदार मनोज अहलावत को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया परियोजना निदेशक ने कहा कि ऑन लाइन सेवाओं एवं योजनाओं में ली जाने वालीफीस का भ्गतान भी ऑन लाइन किया जाये तथा काम होने की सूचना भी प्रार्थी को ऑन लाइन ही दी जाये

रोहतक में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में केन्द्रीय ग़हमंत्री अमित शाह म्ख्य अतिथि होंगे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता म्ख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे

आज प्रदेश भर में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पायलट रिर्हसल भी की गई सभी जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज योग मैराथान की आयोजन भी किया गया और हर जगह मैराथन दौड़ में शहरी व ग्रामीण य्वाओं के साथ साथ हर आय् वर्ग के व्यक्तियों ने हिस्सा लिया पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि वहां पांच हजार व्यक्ति योग कार्यक्रम में भाग लेंगे

हरियाणा में जल्द ही पश् किसान क्रेडिट योजना लागू की जा रही है

यम्नानगर में आज स्बह जगाधरी क्षेत्र के सलेमपरु बांगर गांव में बिजली निगम की टीम ने छापेमारी कर तीन लोगों के यहां बिजली चोरी पकड़ी है इस कार्रवाई से नाराज़ ग्रामीणों ने टीम को बंधक बना लिया और उनका रिकार्ड छीन लिया

हरियाणा में आज शाम यमुनानगर के कई इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश ह्ई है जिसके बाद क्षेत्र में मौसम ख्शगवार हो गया हालांकि करीब आधा घंटा बारिश होने से कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई किसान भी बारिश से खुश है